जनहित से जुड़ें विभागों की बजट राशि में वृद्धि की सम्भावना कोरोना टीका के पहले डोज के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर

राज्य में इस वर्ष रिकॉर्ड पैंतीस लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद हुई

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

वित्त मंत्री के रूप में उनका यह पहला बजट है जबकि नीतीश कुमार सरकार का यह सोलहवां बजट होगा कोरोना महामारी के बीच पेश होने वाले इस बजट में आत्मनिर्भर बिहार और सात निश्चिय पार्ट टू के तहत तय कार्यक्रमों को लागू करने पर जोर दिया जायेगा वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बजट में शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि जैसे विषयों पर ज्यादा जोर दिया जायेगा जनहित से जुड़े विभागों की बजट राशि में वृद्धि की सम्भावना है बजटीय आवंटन में रोजगार सृजित करने की नई सम्भावनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी कोरोना टीकाकरण के मामले में प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है कोविड पोर्टल पर पंजीकृत कुल स्वास्थ्यकर्मियों में से पचासी फीसदी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है कोरोना टीकाकरण के मामले में त्रिपुरा दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर है इधर प्रदेश में अब तक पांच लाख बासठ हजार छप्पन लोगों को कोरोना का टीका का लगाया जा चुका है पांच लाख बाईस हजार नौ सौ सतहत्तर लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है जबकि टीके की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या उनतालीस हजार उनासी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है इस बीच मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले महीने से सभी व्यक्तियों का टीकाकरण होगा उन्होंने कहा कि दो चरणों में टीका लगाने का काम शुरू हो गया है और इसमें लगातार तेजी आ रही है मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना को लेकर सजग और सचेत रहने की अपील की देश में पिछले चौबीस घंटे में चार लाख बत्तीस हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है अब तक एक करोड़ दस लाख पचासी हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है वहीं देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर संतानवे दशमलव दो पांच है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल ग्यारह हजार छह सौ सड़सठ लोगों को इलाज के बाद छूट्टी दी गई अब तक एक करोड़ छह लाख नवासी हजार लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं

उन्होंने पहला टीका नहीं लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों से टीका जल्द लगवाने की अपील की

उनको हमे लेने का काम बहुत ही जल्दी उस काम पे लगना है एम्स पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि जो लोग कोविड के टीके ले लेते हैं उन्हें भी कोविड से बचाव के लिये निर्धारित एहतियात का पालन करना जरूरी है

अब तक दो लाख साठ हजार अठासी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में चौरानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक तेइस मामले पटना जिले से सामने आये है औरंगाबाद जिले में तेरह नये मामलों की पुष्टि हुई है तेरह जिलों से कोविड के एक भी नये मामले सामने नहीं आये हैं वहीं राज्य में फिलहाल पांच सौ छत्तीस मरीजों का उपचार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है इसमें सबसे अधिक दो सौ बीस मरीज पटना में हैं देश के अन्य हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हये प्रदेश में भी कोरोना से बचाव के नियमों और दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू किया जायेगा आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन जरूरी है इसके साथ ही सार्वजनिक आयोजनों के लिए अनुमति देने के पूर्व कोविड प्रोटोकॉल पालन सुनिश्चित कराने को कहा है प्रदेश में इस वर्ष सरकारी समर्थन मूल्य पर लगभग पांच लाख किसानों से पैंतीस लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीद की गयी है सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रियसी ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष पन्द्रह लाख मीट्रिक टन ज्यादा धान खरीद हुई है उन्होंने कहा कि इक्कीस फरवरी धान खरीदने की अंतिम तिथि तय थी श्रीमती प्रियेसी ने कहा कि पचासी प्रतिशत किसानों का भूगतान किया जा चुका है इधर राष्ट्रीय स्तर पर पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग सोलह प्रतिशत अधिक धान खरीद हुई है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि उन्नीस फरवरी तक छह सौ इक्यावन दशमलव शून्य सात लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीद हुई हैं केन्द्रीय मंत्री और पटना साहिब के स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सूचना प्रोद्यौगिकी के माध्यम से पंचायतों को सशक्त और कार्यशील बनाया जायेगा बख्तियारपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य की सभी पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जायेगा इस मौके पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायतों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि केन्द्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है उन्होंने पटना में कहा कि इन विकास योजनाओं का लाभ लोग बिना परेशानी के उठा रहे हैं श्री जायसवाल ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में लोगों का भरोसा बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अट्ठाईस फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं इसके अलावा माई जीओवी इन प्लेटफॉर्म और नरेन्द्र मोदी एप के जरिये भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी बात रख सकते हैं कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस पर आज सुबह दो वाहनों की सीधी टक्टर में पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य घायल हो गये हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑटो पर सवार बारह लोग बारात से लौट रहे थे इसी दौरान ऑटो ट्रक से टकरा गया हादसे में तीन लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी जबकि दो लोगों की मौत अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई सभी घायलों को कटिहार सदर अस्पताल रेफर किया गया है सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरकांत झा ने मामले की पुष्टि की राजधानी पटना समेत प्रदेश भर के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने की सम्भावना है

बोर्ड के सचिव ने कहा कि प्रश्न पत्र वायरल कर अफवाह फैलाई गयी इससे परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस वर्ष नौवीं की वार्षिक परीक्षा में पन्द्रह लाख चौंतीस हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे नौवीं की परीक्षा छब्बीस फरवरी से तीन मार्च तक होगी

गृह विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार दीपक रंजन को जहानाबाद का पुलिस अधीक्षक जबकि अजय कुमार को पटना का नया एएसपी बनाया गया है मीनू कुमारी को निगरानी का एसपी जबकि नीलेश कुमार को एसटीएफ ट्रेनिंग का एसपी बनाया गया है मुंगेर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के ऋषिकुंड भेलवा पहाड़ी जंगल में पुलिस ने अठारह अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि फैक्ट्री से अठारह बेस मशीन सात हैंड ड्रिलिंग मशीन तेरह निर्मित देसी पिस्तौल सत्रह अर्द्ध निर्मित देसी पिस्तौल छब्बीस मैगजीन सत्रह अद्धनिर्मित बैरल आठ कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किया गया है मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कटरा जहरीली शराब मामले में उत्पाद अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के ढोढ़वलिया गांव के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार से आठ सौ चौंसठ बोतल विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं अररिया जिले के कुआरी ओपी पुलिस ने पहुंसी गांव में दो सौ बानवे बोतल नेपाली शराब और चौबीस बीयर बोतल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है शेखपुरा के श्रम अधीक्षक विनय कुमार ने दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है ये बच्चे ईट भट्ठा पर काम कर रहे थे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मेडिकल सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है जिला अनुमंडल अस्पतालों में दीदी की रसोई का करार दैनिक जागरण ने भारत चीन के आपसी संबंधों को फोकस करते हुये शीर्षक लगाया है भारत और चीन सीमा के दूसरे मोर्चों पर भी खत्म करेंगे टकराव दैनिक भास्कर ने सीवान जिले में निगरानी विभाग की कार्रवाई को सुर्खी बनाते हुये लिखा है इंजीनियर के ठिकानों पर छापे जमीन के अठहत्तर दस्तावेज चार लाख बानवे हजार कैश मिले प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विशेष दर्जे पर केन्द्र ने की पहल छह प्वाइंट तय किय दैनिक आज की सुर्खी है महाराष्ट्र में धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक राष्ट्रीय सहारा ने उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है डिजिटल हेल्थ इनीशिएटिव स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में कारगर पहल

जनहित से जुड़ें विभागों की बजट राशि में वृद्धि की सम्भावना कोरोना टीका के पहले डोज के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर

राज्य में इस वर्ष रिकॉर्ड पैंतीस लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद हई